रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए हरी झण्डी दिखाकर रेल को देहरादून के लिए किया रवाना मुख्यमंत्री ने नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज बदरीनाथ धाम में अलकनंदा नदी और बागेश्वर की सरयू नदी में प्रवाहित की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे रेल सेवा रेल मंत्रालय ने प्रदेशवासियों को नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस का तोहफा दिया है प्रदेश में नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा आज से शुरू हो गई है इस रेल सेवा से गढ़वाल और कुमांऊ मण्डल के बीच संपर्क बढ़ेगा केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हरी झण्डी दिखाकर नैनी दृन जनशताब्दी रेल सेवा का शुभारम्भ किया काठगोदाम स्टेशन से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सांसद भगत सिह कोश्यारी सहित विभिन्न विधायकों ने ट्रेन को राजधानी देहरादून के लिए रवाना किया

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य को ध्यान मे रखते भविष्य में पूरे उत्तराखण्ड की रेल लाइनों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा जिससे प्रदूषण नही होगा रेल मंत्री ने कहा जल्द ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे का कार्य पूरा हो जाएगा जिसके बाद चारधाम यात्रा को रेलवे से जोडा जाएगा आभार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड़ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के बाद यह रेल सेवा केंद्र द्वारा उत्तराखण्ड को दी गई एक और बड़ी सौगात है उन्होंने कहा कि काठगोदाम और देहरादून के बीच एक और रेल सेवा शुरू करने से उत्तराखण्ड के लोगों की एक बड़ी मांग पूरी हुई है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारम्भ पर कांठगोदाम जाना था लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे नहीं जा सके अस्थि कलश भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज बदरीनाथ धाम में अलकनंदा नदी और बागेश्वर में सरयू नदी में प्रवाहित की गईं अस्थि कलश यात्रा आज बदरीनाथ धाम पहुंची यहां ब्रह्म कपाल गांधी घाट में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अटल जी की अस्थियां पावन अलकनंदा नदी में विसर्जित की गई अस्थि कलश यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे वहीं बागेश्वर में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा प्रदेश की राज्य मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में पहंची इस दौरान सैकड़ों लोग पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि देने के लिए उमड़ पड़े ये यात्रा पार्टी कार्यालय से सरयू तट पर पहुंची इसके बाद पवित्र सरयू नदी में अस्थियों का विसर्जन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे आवागमन राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि प्रदेश मे संचार के साथ ही आवागमन की सुविधायें बढाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि राज्य के सभी हिस्सों तक सुगम आवाजाही पहंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं नैनी दून जनशताब्दी रेल सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर श्री बलूनी ने कहा कि सडक मार्ग से राजधानी देहरादून तक दूरी कम को कम करने के मकसद से प्रदेश में कण्डी मार्ग जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर भी कार्य किया जा रहा हे गौरतलब है कि यह ट्रेन सुबह सवा पांच बजे काठगोदाम से देहरादून के लिए रवाना होगी और शाम सवा चार बजे वापस देहरादून से काठगोदाम के लिए रवाना होगी इस रेल सेवा से रूद्रपुर रामपुर और मुरादाबाद के लोगों को फायदा होगा इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एंव सांसद भगत सिह कोश्यारी ने कहा कि प्रदेश के कस्बों और गांवों के बीच की दूरी को कम करने के लिए राज्य में रेल तथा वायु मार्गों का विस्तार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि देहरादून के अलावा पंतनगर और हल्द्वानी से पिथौरागढ अल्मोडा और बागेश्वर के लिए अक्टूबर महीने से हवाई सेवा प्रारम्भ की जायेगी आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे सभी अस्पतालों और क्लीनिक्स को सील करने के आदेश दिये हैं एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने विभिन्न चिकित्सकीय परीक्षणों के दाम तय करने को भी कहा

दो निजी अस्पतालों के अवैध रूप से संचालित होने का पता लगने और उन के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के बाद अदालत ने ये आदेश दिए हैं

उच्च न्यायालय ने सभी अस्पतालों को मरीजों के अनावश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट न करने के भी आदेश दिये हैं अदालत ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों पर ब्रांडेड दवायें खरीदने के लिए दवाब न डालें और पर्चे पर केवल जेनेरिक दवायें ही लिखें

योजना के तहत मां और शिशु दोनों को प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है ताकि दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और देश को कृपोषण मुक्त किया जा सके देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये इस योजना को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है देहरादून के पूरन बस्ती आंगनबाड़ी केंद्र में टेक होम राशन के तहत मां और शिशु के लिए प्रोटीन युक्त राशन बांटा जा रहा है राजमा उड़द दलिया न्यूट्रीला और चने जैसे अनाज और दालों से मां और शिश् को भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं

राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के तहत ठिगनेपन जन्म के समय नवजात शिशु के वजन में कमी शरीर में रक्त की कमी भोजन में पोषक तत्वों का असंतुलन जैसी समस्याओं को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में इसी योजना के तहत मां और शिशु को पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

इस कारण एक महिला की मृत्यु हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए घायलों को संयुक्त चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है हमारे पौड़ी प्रतिनिधि ने बताया कि भारी बरसात के कारण कोटद्वार दुगड्डा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं इधर राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल शाम से ही रूक रूककर मध्यम से तेज बारिश हो रही है

चमोली बागेश्वर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और देहरादून से बारिश होने की खबर है

बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि पहाड़ी इलाकों में आवाजाही करने वाले यात्री और निचले स्थानों में रहने वाले लोग सतर्क रहें और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखें राखी बाजार रक्षाबंधन का त्यौहार कल परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं भाई बहन के प्रेम के त्यौहार रक्षा बन्धन के मौके पर प्रदेश में बाजार सजे हुए हैं कोटद्वार के बाजारों में भी राखी की दुकानों पर चहल पहल बढ़ गई है बहनें अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियाँ खरीद रहीं हैं

राखी के त्यौहार पर बाजार में रौनक है दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं